और पटना समेत राज्य के कई जिले लू की चपेट में

छठे और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कई दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक लगातार जन सम्पर्क अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान गोपालगंज और महराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बेतिया और मोतिहारी में रोड शो करेंगे भाजपा नेता भूपेन्द्र यादव और नित्यानंद राय संयुक्त रूप से सीवान गोपालगंज वाल्मिकीनगर और नालंदा में एनडीए प्रत्याशी के सम्थन में चुनाव प्रचार करेंगे इधर लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और भाजपा नेता नंदकिशोर यादव नालंदा तथा वैशाली में जनसभा करेंगे वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव पाटलिपुत्रा के मसौढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों के औचक मिलान के बारे में विपक्षी दलों के इक्कीस नेताओं की प्नर्विचार याचिका खारिज कर दी विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान प्रष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व का निर्णय बदलना नहीं चाहते पटना स्थित पारस हॉस्पीटल ने मरीजों और उनके सेवा में लगे परिजनों का मतदान सुनिश्चित कराने के लिए विशेष योजना बनायी है इसके अन्तर्गत अस्पताल की ओर से चिकित्सकों नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस से इन्हें पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र स्थित मतदान केन्द्रों पर भेजा जायेगा मतदान करवाकर पुनः इन्हें अस्पताल सुरक्षित लाया जायेगा सातवें और अंतिम चरण में इन दोनों सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होना है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद की सलाह से दो हजार उन्नीस बीस से नीट पीजी के लिए आवश्यक अंकों में छह पर्सेटाइल की कमी करने का फैसला किया है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम चौवालीस परसेंटाइल दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम उन्तालीस परसेंटाइल अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को चौंतीस परसेंटाइल चाहिए होंगे विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दो हजार उन्नीस बीस के शैक्षणिक सत्र से इसी आधार पर आवश्यक इंतजाम करने का अनुरोध किया गया है केन्द्र सरकार ने नया आधार बनवाने और आधार में त्रुटियों को सुधरवाने के लिए सभी डाकघरों को अधिकृत किया है नया आधार नामांकन और बच्चों के पांच साल तथा पन्द्रह साल की उम्र पर आवश्यक सुधार की सुविधा उपलब्ध रहेगी आधार से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी और शिकायत के लिए केन्द्रीय टोल फ्री नम्बर एक नौ चार सात और ई मेल आईडी हेल्प एट द रेट यू आई डी ए आई डॉट जीओवी डॉट इन पर सम्पर्क कर सकते हैं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससीई ने दसवीं और आईएससी के बारहवीं के परिणाम घोषित किये हैं इस बार दसवीं में बिहार के तीन छात्रों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इनमें पटना की वरूणी वत्स शांभवी सिंह और बांका के हर्षित राज शामिल है इन तीनों को निन्यानवे प्रतिशत अंक हासिल हुये हैं इधर आईएससी बारहवीं में पटना की अनुष्का दास गुप्ता ने निन्यानबे प्रतिशत अंक के साथ बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है इस बार आईसीएसई में अट्ठानवे दशमलव पांच चार और आईएससी में अट्ठानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत छात्र छात्राएं पास हुये हैं आईएससी बारहवीं परीक्षा में दो विद्यार्थियों ने सौ प्रतिशत अंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है कोलकाता के देवांग कुमार अग्रवाल और बेंगलुरू की विभा स्वामीनाथन ने यह गौरव प्राप्त किया है पटना समेत राज्य के कई जिले लू की चपेट में है पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री रिकॉर्ड किया गया गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं भागलपुर का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव पांच और पूर्णियां का अड़तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक गर्म हवा से राहत मिलने की कोई सम्भावना नहीं है इधर भीषण गर्मी को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने दस मई से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है सोनपूर मंडल के हाजीपूर शाहपूर पटोरी बरौनी रेलखंड पर बछवाड़ा विद्यापति धाम और मोहिउद्दीन नगर स्टेशनों पर नन इंटर लॉकिंग कार्य के कारण आज से तेरह मई तक ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है पूर्व मध्य रेल के जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसके साथ ही परिवर्तित र्माग से चलायी जा रही तीन ट्रेनों के परिचालन को भी बहाल कर दिया गया है इन ट्रेनों में सहरसा अमृतसर अमृतसर सहरसा और पाटलिपुत्र सहरसा एक्सप्रेस शामिल हैं पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह तीस मई को आयोजित किया जायेगा इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि छात्र सत्ताईस मई तक आवेदन कर सकते हैं इसके अन्तर्गत दिसम्बर दो हजार अठारह तक के स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जायेगी इस दीक्षांत समारोह में बयालीस छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जायेगा जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत मलयपुर बस्ती में नक्सलियों ने लूट पाट के क्रम में दो लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया पुलिस अधीक्षक जे रेड्डी ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की मदद से नक्सलियों की धड़पकर के लिए छापेमारी की जा रही है पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया के राजदेवढ़ी कैम्पस में भीषण अगलगी की घटना में दो दुकाने जल कर राख हो गयी वहीं सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के धनुकी मनिया नटटोली गांव में अगलगी की घटना में दो बच्चों की झुलस कर मौत हो गई इस घटना में छह से अधिक लोग घायल हो गये भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत मदतपुर टोल प्लाजा के पास अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मार कर एक लाख नब्बे हजार रुपये लूट लिये भागलपुर में खेली जा रही हेमन ट्रॉफी सुपर लीग के दूसरे सेमीफाईनल में भागलपुर ने कैमूर के खिलाफ बढ़त बना ली है पहले दिन के खेल में भागलपुर की पहली पारी में दो सौ छियासी रन के जवाब में कैमूर ने चार विकेट पर एक सौ पच्चीस रन बनाये हैं आज मैच का अंतिम दिन है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पचास प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग खारिज वीवीपैट पर विपक्ष को झटका दैनिक जागरण का शीर्षक है आईसीएसई दसवीं में वारूणी शांभवी और हर्षित बिहार टॉपर प्रभात खबर ने बढ़ती गर्मी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट पारा तैंतालीस डिग्री पार सभी स्कूलों में दस मई से ही शुरू होगी गर्मी की छुट्टी

और पटना समेत राज्य के कई जिले लू की चपेट में